प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोएडा से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट क्षमता वाले बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया छह सौ साठ मेगावाट वाली दो इकाईयों की कुल परियोजना लागत दस हजार चार सौ उनतालीस करोड़ रूपये है इस संयंत्र को अगले साढ़े चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने बक्सर में संवाददाताओं से कहा कि पर्यावरण अनुकूल नवीनतम विशेषताओं से युक्त इस संयंत्र से उत्पादित बिजली का पचासी प्रतिशत बिहार को मिलेगा जिससे प्रदेश की बिजली मांग आपूर्ति घाटे में कमी आयेगी

राष्ट्रीय जनता दल ने जेल में बंद अपने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट वितरित करने के लिए अधिकृत किया है पटना में राबड़ी देवी के आवास पर संसदीय बोर्ड की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया बाद में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सभी निर्णय पार्टी अध्यक्ष ही लेंगे उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है श्री झा ने कहा कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही तय कर लिया जायेगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में नेतृत्व का घोर अभाव है इसलिए जेल में बंद लालू प्रसाद को लोकसभा चुनाव का टिकट बांटने के लिए अधिकृत किया गया है पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि तथाकथित महागठबंधन के भ्रष्टाचारी नेता एक ईमानदार चौकीदार को हटाने के लिए कैदी का सहारा ले रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने आज एक साथ पार्टी और प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने कांग्रेस द्वारा एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने को गलत बताया श्री शर्मा ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया इधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में आज रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव जायसवाल और राष्ट्रीय सचिव कुमोद चौधरी को छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में लगभग ढाई लाख डुप्लिकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों से भी विचार विर्मश किया गया है

इस दौरान राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट की विश्वसनीयता और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गयी बैठक में राजनीतिक दलों को पेड न्यूज राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशन और प्रसारण से पूर्व जांच कराने के बारे में भी बताया गया मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमिटी इसकी जांच को अधिकृत है बैठक में कांग्रेस भाजपा जदयू राजद लोजपा सीपीआई सीपीएम एनसीपी और बसपा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया केन्द्र सरकार ने अधिवक्ताओं को बीमा सुरक्षा देने की योजना बनाने और इसे लागू करने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति बनाई है विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कानूनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति गठित की है यह समिति असामयिक निधन और चिकित्सा बीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए व्यापक बीमा योजना का सुझाव देगी समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्टदेगी प्रदेश की विभिन पंचायतों के खाली पड़े एक हजार नौ सौ अड़तीस विभिन्न पदों के लिए कल मतदान होगा मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा इस बार मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा वोटों की गिनती बारह मार्च को होगी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया जमुई में एक हजार से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया और दो करोड़ रूपये की नकद वसूली की गयी कटिहार में चार सौ सोलह मामलों का निपटारा किया गया सुनवाई के दौरान तीन करोड़ रूपये से अधिक राजस्व की वसूली की गयी रोहतास में लगभग डेढ़ हजार बक्सर में सात सौ से अधिक और अरवल में लगभग तीन सौ विभिन्न मामलों का निष्पादन किया गया शिवहर में सुनवाई के दौरान पच्चीस लाख रूपये से अधिक राजस्व वसूली हुई शेखपुरा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में तीन सौ पचास से ज्यादा मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी शशि शेखर शर्मा को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है वहीं पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश उज्जवल कुमार दुबे को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है इस बीच राज्य सरकार ने मोहम्मद सलाम को बिहार राज्य खाद्य आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड का आज पुर्नगठन कर दिया गया है अब्दुल कयुम अंसारी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि बारह अन्य सदस्यों के बारे में भी अधिसूचना जारी कर दी गयी है जदयू के दो विधायक और एक विधान पार्षद को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि कौशलयुक्त युवा ही राष्ट्र का भविष्य संवार सकते हैं श्री टंडन ने पटना स्थित बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी में उपाधि समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश की पैंसठ प्रतिशत से अधिक आबादी युवाओं की है राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को हुनरमंद बनाना और उनकी प्रतिभा का राष्ट्रनिर्माण में सद्रपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में शिवहर जिले ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि इस अभियान के तहत दो लाख आठ हजार छह सौ सत्तर बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध दो लाख चौदह हजार से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है लोजपा सांसद रामचन्द्र पासवान ने आज पूर्व मध्य रेल के समस्तीपूर रेलवे स्टेशन पर लगभग साढ़े सात करोड़ की लागत से निर्मित एस्क्लेटर समेत अन्य यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने देश मे विकास का रिकार्ड बनाया है